नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कोरोना से मुकाबले में लगे विभिन्न वर्ग के लोगों को तीन महीने के लिए पचास लाख रूपये का बीमा भी कराया जाएगा इनमें डॉक्टर चिकित्साकर्मी स्वास्थ्यकर्मी सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता शामिल हैं वित्तमंत्री ने बताया कि अस्सी करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक पांच किलो चावल या गेहूं मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा यह इस समय दिए जा रहे पांच किलो राशन के अलावा होगा इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को एक किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आठ करोड़ सत्तर लाख किसानों और अन्य लोगों के बैंक खातों में अप्रैल के पहले सप्ताह तक दो हजार रूपये जमा कर दिए जाएंगे वित्त मंत्री ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में भी वृद्धि की घोषणा की जिससे पांच करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा वरिष्ठ नागरिकों विधवाओं और दिव्यांगजनों को अगले तीन महीनों के दौरान एक एक हजार रूपये की दो किस्तों में तदर्थ अनुदान दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर कहा है कि कोविड नाइन्टीन महामारी पर रोक लगाने का एकमात्र उपाय भीड़ से बचना और अन्य लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर रहना है वीडियो काफ्रेंस के जरिए कल वाराणसी के लोगों से उन्होंने कहा कि यह वायरस भेदभाव नहीं करता और किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वाट्सऐप से सम्पर्क कर हेल्य डेस्क बनाई है ताकि लोगों को कोरोना वायरस के बारे में सही सूचनाएं दी जा सकें इस वाट्सऐप हेल्प डेस्क का नम्बर है नौ शुन्य एक तीन एक पांच एक पांच एक पांच प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे डॉक्टरों विमान चालक दल के सदस्यों और जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों के दुर्वयवहार से बहुत व्यथित हैं श्री मोदी ने कहा कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज सुबह अपने तीनों मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ ऑडियो काफ्रेंस की उन्होंने अधिकारियों से इक्कीस दिन के लॉकडाउन के दौरान कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया श्री जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय और भारी उद्यम तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय का प्रभार देख रहे हैं ट्यीटर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ घर पर रहने काम करने और खुश रहने को कहा है श्री जावडेकर ने कहा कि कोविड नाइन्टीन से उत्पन्न संकट के दौर में मीडिया और संचार आवश्यक सेवा है उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे जनता तक सही और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाने के लिए चौबीसों घंटे उपलब्य रहें और सामान्य की तुलना में अधिक काम करें प्रदेश में कोरोना संक्रमण के अब तक कुल बयालीस मामले सामने आए हैं संक्रमण का ताजा मामला बागपत से आया है जहां एक व्यक्ति में वायरस की पुष्टि हई है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच के लिए आठ प्रयोगशालाएं सुचारू ढंग से कार्य कर रही हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार लोगों के घरों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचायी जा रही हैं प्रदेश में अब तक कूल अट्ठारह हजार पांच सौ सत्तर वाहनों को इस कार्य में लगाया गया है इनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है श्री अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कम्युनिटी किचन श्रू करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि आज दोपहर तक राज्य में एक लाख से अधिक फूड पैकेट तैयार किए गए हैं उन्होंने कहा कि ये फूड पैकेट जरूरतमरों और निराश्रितों के बीच बांटे जाएगे श्री अवस्थी ने कहा कि आगरा जनपद में पंद्रह स्वयंसेवी संगठनों ने आज पांच हजार दो सौ फूड पैकेट तैयार किए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरी स्वच्छता के साथ लोगों के बीच इन फूड पैकेट के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये लोग कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं डॉ हर्षक्र्न ने लोगों से चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बनाए रखने को कहा है उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और नर्सों के साथ द्वयवहार करना गलत है अपनी जान जोखिम में डाल कर दिन रात कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे डाक्टरों के साथ बदसलूकी इस सभ्य समाज पर किसी धब्बे से कम नहीं मेरा हाथ जोड़ कर आप सभी से निवेदन है कि अपने मन से डर निकाल दें कि कोविड उन्नीस के मरीजों का इलाज करने वाले डाक्टर और मेडिकल स्टाफ इन्फेक्शन फैला सकते हैं वो सब प्रकार की साक्धानियां ले रहे हैं